लोकसभा में शन्यकाल के दौरान कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है उन्होर्ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मुख्य विपक्षी पार्टी विमान र्सादे पर चर्चा कराने से क्यों भाग रही है इससे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जन खड़गे ने विमान सौदे की जांच संसदीय संयुक्त समिति से कराने की अपनी मांग दोहराई उन्होंने विमान सौदे में बडे घोटाले का आरोप लगाया और सरकार के विमानों की कीमत न बताने पर सवाल उठाया श्री खड़गे ने यह भी दावा किया कि रफाल विमान यूपीए सरकार के शासनकाल में हए सौदे के मुकाबले तीन गुना अधिक कीमत पर खरीदे गए हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विफ्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के सदस्य रफाल विमान सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही में भी आज विपक्ष के हंगामे के कारण बाधा आई आज सदन की बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की इसके तुरंत बाद ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके सदस्य कावेरी मुद्दे पर अपनी मांगों का समर्थन करते हुए हाथों में तख्तियां लिए हुए सदन के बीचोंबीच नारे लगाने लगे उप सभापति हरिवंश ने व्यवस्था कायम करने की कोशिश की लेकिन हंगामा जारी रहा राज्य सभा में सदस्यों ने आज विख्यात फिल्म निर्माता और सदन के पूर्व सदस्य मुणाल सेन को श्रद्वांजलि अर्पित की पंचानबे वर्ष की अवस्था में उनका कल निधन हो गया था मुणाल सेन अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे से अगस्त दो हजार तीन तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगुस्ता वेस्टलैण्ड मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि वह परेशान हो गई है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अगुस्ता वेस्टलैण्ड मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैण्ड मामले में बिचौलिए क्रिरिचयन मिशेल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस हताश है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक सौ पचास करोड़ रूपए से अधिक की रिश्वत ली और अब कांग्रेस को मिशेल के बारे में अपना खेया स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने कहा कि कॉग्रेस ने घोटालों का लम्बा रिकार्ड बनाया है और अब जब उनके घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं तो वह लोग सीनाजोरी पर उतर आये हैं उन्होंने कहा कि नभ थल और जल हर क्षेत्र में कॉग्रेस ने घोटाले किये हैं और उनकी पोल भी खुली है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने सोहराबुद्दीन शेख को नहीं मारा सोहराबुद्दीन जांच को किसने प्रभावित किया शीर्षक से श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि अच्छा होता कि श्री गांधी सोहराबद्दीन के मारे जाने पर प्रश्न पूछने की बजाए यह पूछते कि सोहराबद्दीन मामले की जांच को किसने प्रमावित किया तो उन्हें अपने प्रस्न का सही उत्तर मिल गया होता सीबीआई की विशेष अदालत ने इस महीने की बाईस तारीख को सोहराबुद्दीन मुठनेड़ मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने कहा है कि अगले वर्ष अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और मजबूत रहेगी ऐसा तेल कीमतों में बढ़ोतरी अमरीका चीन व्यापार युद्व और कड़े अमरीकी मौद्रिक उपाय जैसी प्रतिकूल वैश्विक स्थितियों के बावजूद संभव होगा वर्ष दो हजार उन्नीस के लिए वृद्धि आकलन में परिसंघ ने कहा है कि सेवा और बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्र की बेहतर स्थिति और अगले वर्ष आम चुनाव में संभावित व्यय के कारण मांग की अनुकूल स्थिति से वृद्दि दर में मजबूती आएगी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्दि दर साढ़े सात प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जन जीवन प्रभावित हो गया है आंचलिक मौसम केन्द्र के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के सभी मण्डलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया बरेली मेरठ आगरा रायबरेली शाहजहांपुर कानपुर और सुल्तानपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकार्ड किया गया हमारे संवाददाता के अनुसार इन जिलों का न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री सेल्सियस के बीच रहा मजफ्फरपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान एक दरमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री कम है लखनऊ का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विमाग ने अगले दो तीन दिनों तक गलन भरी ठंड पड़ने तथा शीतलहर और घर्ने कोहरे का प्रकोप जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है